दस सीटों पर जन नायक जनता पार्टी की जीत दर्ज

जबकि एक सीट हरियाणा लोक हित पार्टी और दो निर्दलीय उममीदवारों को छ इनैलो एक सीट पर विजयी रही मिली अलग अलग मतगणना केन्द्रों से हमारे सवाददाताओं से मिली जानकरी के अनुसार इसके अलावा भी कई पार्टियों के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली है लेकिन अभी उनकी अधिकारिक घोषणा होनी बाकी है इंडियन नैशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला भी ऐलनाबाद से जीत गये है लेकिन अभी मुख्य च्नाव अधिकारी के कार्यलय द्वारा इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है निर्वाचन आयोग से जीतने वाले छब्बीस उम्मीदवारों की मिली जानकारी के अन्सार कालका हलके के कांग्रेस के प्रदीप चौधरी ने लतिका शर्मा को पांच हजार दो सौ इकतीस मतो से लाडवा से कांग्रेस के मेवा सिंह ने बीजेपी के पवन सैनी बारह हजार छ सौ सैंतीस मतो से हरा दिया वही शाहबाद से जेजेपी के रामकरन ने बीजेपी के कृष्ण क्मार को सैंतीस हजार एक सौ सताईस लाने पर हलके में बीजेपी के सुभाष सुधा ने कांग्रेस के अशोक अरोड़ा को केवल आठ सौ बयालिस मतो से हराया

सिरसा में हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा ने निर्दलीय गोकुल सेतिया को छ सौ दो वोटों से हरा दिया है वहीं बीजेपी उम्मीदवार सोनाली फोगाट क्लदीप बिश्नोई ने उन्तीस हजार चार सौ इकहतर वोटों से हार गई है नारनौंद से कैप्टन अभिमन्यू जेजेपी उम्मीदवार से बाहर हजार से अधिक वोटों से हार गये है नारनौल से बीजेपी के ओम प्रकाश यादव ने जेजेपी के कमलेश सैनी को चौदह हजार सात सौ पन्द्रह मतों से हरा दिया है वहीं बीजेपी के कृष्ण मिड़डा ने जींद से जीत दर्ज की है कैथल से हमारे संवाददाता के अन्सार रणदीप स्रजेवाला भी च्नाव हार गये है च्नाव आयुक्त कार्यकाल से हमारी संवाददाता ने बताया कि फिरोज़प्र झिरका से कांग्रेस के मामन रवान ने बीजेपी के नवीस अहमद को सैतीस हजार चार मतों और हिसार में बीजेपी के डॉ कमल ग्प्ता ने कांग्रेस के राम निवास को पन्दह हजार आठ सौ बतीस मतों से और कालांवाली से कांग्रेस के शशिपाल ने बीजेपी के राजेन्द्र सिंह को उन्नीस हजार दो सौ तिरालिस वोटों से हराया है रानिया से कांगेस छोड़ निर्दलीय के तोर पर च्नाव लड़ रंजीत सिंह ने हरियाणा लोक हित पार्टी के गोविंद कांडा को उन्नीस हजार चार सौ इक्कीस मतों को उन्नीस हजार चार सौ इकतीस मतों से और सोनीपत के कांग्रेस के स्रेन्द्र पवार ने बीजेपी की कविता जैन को बतीस हजार आठ सौ इकहतर मतों से शिकस्त की है

करनाल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल बावन हजार से अधिक वोटों से विजयी हये है उन्होंने कांग्रसे उम्मीदवार त्रिलोचन सिंह को शिकस्त दी है लेकिन उनका मत प्रतिशत पिछले विधानसभा चुनाव से कम रहा है करनाल की ही इन्द्री विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के राजक्मार कश्यप ने सात हजार चार सौ अडसड वोटों से जीत दर्ज की है उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार राकेश कम्बोज को हराया करनाल के धरोडा के बीजेपी प्रत्याशी हरविन्द्र कल्याण सत्रह हजार छ सौ वोटों से जीत गये है जबकि करनाल से नीलोखेडी हलके से निर्दलीय उम्मीदवार धर्मपाल दो हजार दो सौ अइतालीस वोटों से विजयी हये है धर्मपाल गोंदार ने बीजेपी से बागी होकर ये चुनाव लड़ा था असंध हलके से कांगेस के शमशेर सिंह ने बहजन समाज पार्टीके नरेन्द्र सिंह संत्रह सौ से अधिक वोटों से हराया

पलवल जिले में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जीत दर्ज की है पलवल हलके में बीजेपी प्रत्याशी दीपक मंगला ने कांग्रेस के दिग्गज पूर्व मंत्री करण दलाल को उन्तीस हजार छ सौ चौसठ मतो से हराया दीपक मंगला ने अपनी जीत को विकास कार्यो के साथ जोड़ने हये कहा कि जिले मे विकस और तेज़ किया जायेगा वहीं पूर्व मंत्री करण दलाल ने अपनी हजार स्वीकार करते हये कहा िक पलवल की जनता ने दीपक मंगला पर भरोसा जताया है उन्हें इस पर कोई ऐतराज नहीं है अम्बाला छावनी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल विज ने छठी बार जीत दर्ज की है उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा स्वारा को बीस हजार एक सौ पैंसठ मतों से शिकस्त दी है अम्बाला छावनी से इनैलो की ओर से ओंकार सिंह उम्मीदवार थे और जन नायक जनता नता पार्टी ने यहां से गुरपाल सिह माजरा को टिकट दी थी हमारे संवादददाता ने बताया कि इस बार विधानस्भा चनाव में अम्बाला जिले की चार सीटों में से अम्बाला छावनी की चार सीट बीजेपी के खाते में गई है तो दो सीटे कांग्रेस को गई अम्बाला शहर से बीजेपी प्रत्याशी असीम गोयल ने द्सरी बार चुनाव जीता है वहीं मुलाना विधासभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी वरूण चौधरी तथा नारायणगढ़ से कांग्रेस की ही शैली चौधरी ने जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस बार च्नाव मैदान में उतारे गये तीन जाने माने खिलाडिय़ों में से केवल हाकी ओलपियन संदीप सिंह ही जीत दर्ज कर पाये है पहेवा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरमोदिंर सिंह चट्ठा के बेटे मंदीप सिंह चठ्ठा को पांच हजार तीन सौ चौदह मतो से हराया है संदीप सिंह का बयालिस हजार तीन सौ तेरह वोट मिले

वहीं दो हजार चौदह और दो हजार अट्ठारह में काम्नवेल्थ खेलों में महिला पहलवान बविता दादरी हलक से निर्दलीय उम्मीदवार सोमवीर से लगभग उन्नीस हजार वोटों से चुनाव हार गयी है यहां से सतपाल सांगवान ने भी च्ना लड़ा उन्हें केवल उनतीस हजार सात सौ वोट मिले वहीं योगेश्वर दत भी बरोदा सीट पर राजनीति के दंगल में हार गये है योगेश्वर दत को केवल सोलह हजार सात सौ उन्तीस वोट मिले है भारत और पाकिस्तान ने करतारप्र साहिब गलियारे को श्रू करने के लिए एक समझौते पर दस्तखत किये है डेरा बाबा नानक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जीरो प्वाईट पर हस्ताआरित इस समझौते में इस गलियों को शुरू करने सम्बधी औपचारिकताओं का जिक्र है दोनों देशों के अधिकारियों के बीच इस समझौते के दस्तखत को सयम भारत के विदेश मंत्रालय रक्षा मंत्रालय और गृहमंत्रालय के अधिकारियों के अलावा पंजाब सरकार के अधिकारी भी मौजदू रहे गृहमंत्रालय के संयुक्त सचिव एस सी एल दास ने समझौते की शर्त के बारे में जानकारी देते हये बताया कि सभी धर्मो और भारतीय मुल के व्यक्ति इस गलियारे का लगातार प्रयोग कर सकेंगे इस यात्रा के लिये वीज़ा की जरूरत नही होगी लेकिन तीर्थयात्रियों को अपने पास जायज़ पासपोर्ट रखना जरूरी होगा

भारत पाकिस्तान स्थित ग्रूदवारों के दर्शन के लिय श्रदवाल्ओं की सूची दस दिन पहले पाकिस्तान को भैजेगा और पाकिसतान यात्रा से चार दिन पलहे यात्रियों को सूचि जारी करेगा तीर्थ्यात्रियों को निजी रूप या स्मूह मे जाने तथा पैदल भी जाने की छूट होगी

भारत द्वारा श्रद्वाल्ओं से वसूली जाने वाली बीस अमरीकी डालर की फीस न लेने के लिए लगातार दवाब बनाया जा रहा था और पाकिस्तान से इस बार नराज़गी भी जताई गई पर पाकिस्तान ने फिल्हाल इसे लेने के लिये मना कर दिया है और भारत तीर्थयों को भावनाओं को देखते हये प्रकाशपर्व से पहले इस गलियारे को श्रू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार हो गया आज हरियाणा में हरियाणा विधानसभ चनाव परिणमों में काफी उलट पलट देखने को मिला सरकार के कई मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा जिनमें कैप्टन अभिमन्यू प्रो राम बिलास शर्मा कविता जैन कर्णदेव कम्बोज भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला शामिल है इस बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सरकार बनाने का प्न मौका देने के लिए लोगों का आभार जताया है और म्ख्यमंत्री मनोहर लाल सुभाष बराला व कार्यकर्ताओं को बधाई दी है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा ने अबतक आये परिणामों और रूझानों पर प्रतिक्रिया देते हये कहा है कि जनादेश मौजदा सरकार के खिलाफ और म्ख्यमंत्री मनोहर लाल को नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए आज रोहतक में पत्रकारों से बातचीत करते हये उन्होंने जन नायक जनता पार्टी व निर्दलीयय प्रत्याशियों को उनके साथ आने का न्यौता भी दिया और कहा कि सभी को मिलकर मजबूत सरकार बनानी चाहिए श्री हडडा ने कहा कि वे विश्वास दिलाते है कि गठबंधन सरकार में सबको मान सम्मान मिलेगा इनसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी निर्दलीय उममीदवारों पर दवाब बना रहे है उन्होंने गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा से अपनी जीत पर मतदाताओं का आभार जताया